और प्रदेश में किसान सम्मान योजना फिर से शुरू

केंदीय वित्त सचिव हसमुख अढ़िया ने कहा है कि जीएसटी के तहत शून्य रिटर्न भरने वाले कारोबारी एसएमएस के माध्यम से अब रिटर्न फाइल कर सकेंगे पटना में वाणिज्य कर और सेंट्रल जीएसटी के अधिकारियों के साथ बैठक में श्री अढ़िया ने कहा कि यह सुविधा जल्द ही बहाल की जायेगी उन्होंने कहा कि जिन व्यापारियों का सलाना कारोबार बीस लाख रूपये से कम है उन्हें जीएसटी के तहत निबंधन कराने की कोई आवश्यकता नहीं है केंद्रीय वित्त सचिव ने प्रदेश में जीएसटी संग्रह में कमी पर चिंता जताते हुये अधिकारियों से राजस्व संग्रह बढ़ाने के उपाय पर बल देने को कहा वस्तू और सेवा कर नेटवर्क जीएसटीएन से संबंधित मंत्री समूह की आज बेंगलुरू में बैठक होगी मंत्री समूह के अध्यक्ष और बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जीएसटीएन के कामकाज की समीक्षा करेंगे वे अगले वर्ष नए फार्म जारी किए जाने के बाद रिटर्न भरने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले प्रस्तावित नए सॉफ्टवेयर के बारे में भी विचार विमर्श करेंगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अदालत से बर्खास्तगी रद्द होने पर फिर से नियुक्त होने वाले कर्मचारी को पिछले वेतन पर दावा करने का अधिकार नहीं है जस्टिस एएम सप्रे की पीठ ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुये यह आदेश दिया न्यायालय ने कहा कि यदि नियोक्ता इस बात का सबूत पेश करता है कि बर्खास्त चलने की अवधि में कर्मचारी किसी दूसरी जगह काम कर रहा था तो वह वेतन का हकदार नहीं होगा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने सभी वाहनों के बीमा के साथ पंद्रह लाख रूपये का दुर्घटना बीमा अनिवार्य कर दिया है इसके लिये वार्षिक प्रीमियम सात सौ पचास रूपये तय की गई है प्राधिकरण ने कहा है कि नये निर्देश के दायरे में मोटरचालित सभी दोपहिया चरपहिया और वाणिज्यिक वाहन आयेंगे फिलहाल दोपहिया वाहन चालाकों का एक लाख और कार चालकों का दो लाख रूपये का दुर्घटना बीमा होता है मूजफ्फरपूर बालिका गृह यौन शोषण मामले में गिरफ्तार समाज कल्याण विभाग की पूर्व सहायक निदेशक रोजी रानी समेत चार आरोपियों को सीबीआई ने रिमांड पर लिया है जांच एजेंसी चारों से तीन दिनों तक प्रछताछ करेगी

पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा के पति चंद्रशेखर वर्मा की गिरफ्तारी के लिये पटना बेगूसराय समस्तीपूर और खगड़िया में कई जगह छापेमारी की गयी बेगूसराय के पुलिस अधीक्षक आदित्य कुमार बताया कि पटना और बेगूसराय के चेरिया बरियारपुर के अर्जुन टोला स्थित आवास पर छापेमारी की गयी लेकिन चंद्रशेखर वर्मा नहीं मिले उन्होंने कहा कि छापेमारी लगातार जारी है और जल्द ही चंद्रशेखर वर्मा पुलिस गिरफ्त में होंगे एसपी ने बताया कि चंद्रशेखर वर्मा के सभी अंगरक्षकों को वापस बुला लिया गया है गिरफ्तारी आदेश जारी होने के बाद से ही चंद्रशेखर वर्मा भूमिगत चल रहे हैं पूर्णिया बाल सुधार गृह में पिछले दिनों हुई गोलीबारी और दो लोगों की हत्या के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी अमर कुमार झा को गिरफ्तार कर लिया है पुलिस अधीक्षक विशाल शर्मा ने बताया कि आरोपी इसी बाल सुधार गृह का पूर्व में हाउस फादर रह चुका था गोलीबारी की घटना में मारे गये विजेंद्र कुमार से उसका विवाद था जिस कारण उसने पूरी घटना को अंजाम दिया उन्होंने कहा कि वारदात में शामिल किशोरों की गिरफ्तारी के लिये नेपाल पुलिस का भी सहयोग लिया जा रहा है प्रदेश में किसान सम्मान योजना फिर से शुरू की गयी है कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने यह जानकारी देते हुये बताया कि कृषि और पशु पालन तथा मत्स्य पालन जैसे कृषि संबंधित क्षेत्रों में उत्कृष्ट काम करने वाले किसान इस सम्मान के हकदार होंगे उन्होंने बताया कि विभिन्न प्रक्षेत्रों के अंतर्गत सबसे अधिक उत्पादकता प्राप्त करने वाले किसानों का प्रखण्ड जिला और राज्य स्तर पर चयन किया जायेगा इच्छुक किसान कृषि विभाग या बामेती की वेबसाइट पर आज से पुरस्कार के लिये निःशुल्क आवेदन कर सकते हैं पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव ने कहा है कि राज्य के पांच जिलों दरभंगा खगड़िया अररिया भागलपुर और पश्चिम चंपारण की सड़कों के लिये तीन सौ तिरानवे करोड़ रूपये से अधिक की राशि स्वीकृत की गयी है उन्होंने बताया कि इस राशि से सड़कों के चौड़ीकरण मजबूतीकरण और आरसीसी पुल का निर्माण किया जायेगा मौसम विभाग ने अगले चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जतायी है इस दौरान झारखण्ड से लगे हिस्सों में कई जगह तेज बारिश की आशंका है विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून के एक बार फिर सक्रिय हो जाने और ओडिशा में आये चक्रवाती तूफान डे के कारण पिछले चौबीस घंटों से प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बारिश हो रही है विभाग ने कहा है कि सत्ताईस सितंबर के बाद एक बार फिर मॉनसून सक्रिय होगा केंद्र सरकार ने अप्रशिक्षित शिक्षकों को एनआईओएस द्वारा संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रम में दो और मौके देने का फैसला किया है किसी कारण से परीक्षा में शामिल नहीं हो सकने वाले शिक्षक इस महीने के अंत में या फरवरी में आयोजित होने वाली अंतिम परीक्षा में शामिल होकर अपना प्रशिक्षण कोर्स प्ररा कर सकते हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा इंटरमीडिएट में ऑन द स्पॉट नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है जिन छात्रों का नामांकन नहीं हो सका है वे कॉलेजों में जाकर सीधे नामांकन के लिये आवेदन कर सकते हैं कल से शुरू हो रहे पितृपक्ष के दौरान गया में पिंडदान करने के लिये बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम ने कई पैकेजों की घोषणा की है सात हजार रूपये से लेकर बाईस हजार आठ सौ रूपये तक के पैकेज में श्रद्धालुओं को गया ले जाने से लेकर खाना और पूजा की सभी सामग्रियां शामिल हैं इच्छुक लोग बीएसटीडीसी डॉट बीआईएच डॉट एनआईसी डॉट इन या पितृपक्षगया डॉट कॉम पर जाकर इन पैकेजों की बुकिंग कर सकते हैं कटिहार जिले के मनसाही से पुलिस ने हथियारों के साथ तीन तस्करों को गिरफ्तार किया है नालंदा जिले के रईठा गांव में करंट लगने से दो किसानों की मौत हो गयी मुंगेर जिले के बरियारपुर के झौवा बहियार में ढाब में नहाने के दौरान दो किशोर की डूबने से मौत हो गयी पटना के कृषि नगर कॉलोनी से एटीएम कार्ड की क्लोनिंग कर लोगों के बैंक खाते से पैसा निकालने वाले गिरोह के पांच सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है भागलपुर जिले में कहलगांव प्रखंड के जानीडीह गांव के निवासी सीमा और सुरक्षा बल के जवान अजीत कुमार सिंह का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव में किया गया उनकी जम्मू कश्मीर में ड्यूटी के दौरान सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी नौवीं राष्ट्रीय रशियन कुश्ती प्रतियोगिता में बिहार अड़तालीस पदक के साथ उप विजेता बना है वहीं सर्वाधिक अंक लेकर हरियाणा की टीम ने ओवल ऑल विजेता का खिताब अपने नाम किया बिहार की टीम ने आठ स्वर्ण पंद्रह रजत और पच्चीस कांस्य पदक जीते

अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनायी है हिन्दुस्तान लिखता है मंजू वर्मा के पति की गिरफ्तारी को पटना और बेगूसराय में छापे दैनिक जागरण ने लिखा है पटना के कोतवाली के पास शहाबुद्दीन के शूटर रहे तबरेज आलम की हत्या दैनिक भास्कर की सुर्खी है दक्षिण पश्चिम मॉनसून सक्रिय आज भी बारिश होने के आसार प्रभात खबर ने मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण मामले में गिरफ्तार समाज कल्याण विभाग की पूर्व सहायक निदेशक रोजी रानी के बयान को पहले पन्ने पर प्रकाशित करते हुये लिखा है मुंह खोला तो बड़े बड़े फसेंगे राष्ट्रीय सहारा लिखता है कश्मीर में तीन पुलिसकर्मियों की हत्या से गुस्से में भारत अब मीटिंग नहीं इलाज की तैयारी आज ने एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता में भारत की बांगलादेश पर जीत से जुड़ी खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है

और प्रदेश में किसान सम्मान योजना फिर से शुरू